जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो साहसपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हैं

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व आज विस्तारवादी ताकतों से त्रस्त है उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस सोच के खिलाफ मजबूत आवाज बन कर उभरा है भारत की रणनीति स्पष्ट है और वह आपसी समझ तथा द्रसरों को समझने का अवसर देने की नीति पर विश्वास रखता है यदि कोई हमें परखने का प्रयास करेगा तो उसे उसका गंभीर जवाब मिलेगा

इंदौर भोपाल और ग्वालियर में ही फिलहाल सबसे ज्यादा प्रकरण सामने आ रहे हैं

वहीं सीहोर में पांच नये मरीज मिले हैं

वहीं बड़वानी में सात व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जन आंदोलन क्षेत्रीय विकलांग पुनर्वास केन्द्र भोपाल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर गणेश अरुण जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने में अथक प्रयास किए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें एक सहदय कठिन परिश्रम वाले व्यक्तित्व और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग के निधन पर गहरा दूःख व्यक्त किया है गौरतलब है कि श्री सारंग का कल दोपहर मुंबई में निधन हो गया था वे लंबे समय से बीमार थे आज मुंबई से स्वर्गीय सारंग का पार्थिव शरीर विमान द्वारा भोपाल लाया जाएगा यहां दोपहर बाद पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा भोपाल के जनजाति संग्रहालय में शाम साढ़े पांच बजे शहीद बिरसा मुण्डा की जयन्ती पर कार्यक्रम आयोजित होगा संस्कृति विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के इस कार्यक्रम में जनजाति जननायकों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनके योगदान के स्मरण पर विशेष कार्यक्रम होंगे इनमें उनकी शौर्यगाथा से जनमानस को अवगत करवाया जाएगा दीवाली पांच दिवसीय दीपावली के चौथे दिन आज प्रदेश में भी गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व मनाया जा रहा है इस दिन गौवंशीय पशुओं को आकर्षक ढंग से सजाकर उनकी पूजा की जाती है धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले में विभिन्न स्थानों पर गोवर्धन पूजा और गाय गोहरी के आयोजन किये जायेंगे इससे पहले कल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ लक्ष्मीपूजन की गई शुभ मुहूर्त में घरों मंदिरों और प्रतिष्ठानों में विघ्न विनाशक भगवान गणेश माता लक्ष्मी और कुंबेर की विधि विधान से पूजा की गई

खंडवा में कोविड संक्रमण को देखते हुए ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूजे को बधाई देकर यह पर्व मनाया उधर छिंदवाड़ा जिले में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया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

अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है